प्रदेश में गंगा सोन गंडक और कोसी सहित अधिकतर नदियां उफान पर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राम मंदिर पर विरोधाभासी बयान देने वाले गैर जिम्मेदार लोगों से देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखने का अनुरोध किया है महाराष्ट्र के नासिक में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये श्री मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों को देश के संविधान और उच्चतम न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए

जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो सबपक्ष अपनी बात रख रहे हों सुप्रीम कोर्ट लगातार समय निकाल करके बातों को सुन रही होतो मैं हैरान हूँ ये बयान बहादुर कहां से टपक गये क्यों पूरे मामले में अड़ंगे डाल रहे हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए हमारा बाबा साहबआम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसपर भरोसा होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई प्ररा करने के लिए देर तक न्यायालय की कार्रवाई चलाने के लिए सहमत हो गया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आम लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रके बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां देश के चार सौ जिलों में इस महीनेकी चौबीस से उनतीस तारीख तक और फिर दस से पंद्रह अक्टूबर तक विशेष अभियान चलायेंगी वित्त मंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को त्योहार के मौसम में अधिक से अधिक कर्ज उपलब्ध कराना है श्रीमती सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद ये घोषणा की बाईटनिर्मला सीतारमण हमारी मकसद यह था कि फेस्टिवल सीजन से पहले बैंकों से जितने भी लिक्विडिटी ग्राहक तक पहंच सकता है मतलब बैंक कस्टमर तक चाहेवह किसान हो एमएसएमई हो कोई और हो

वहीं वित्त मंत्री ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे परेशानी से जूझ रहे सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योगों के कर्ज को अगले वर्ष इकतीस मार्च तक ड्रबा हुआ कर्ज न मानें और इन कर्जों की शर्तो पर फिर से विचार करें गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटना बक्सर और खगडिया जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है बाढ़ का पानी पटना के किनारे बने सुरक्षा बांध के करीब पहुंच गया है दियारा के कई गांव पानी से धिर गये हैं और उनका जिला मुख्यालय से संपर्क ट्रट गया है इधर भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के पैंतालीस और शाहपुर प्रखंड के तीस गांव बाढ़ से प्रभावित हुये हैं जिला प्रशासन ने एहतियातन पचहत्तर स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया है वहीं बक्सर जिले के चौसा बक्सर सिमरी चक्की और ब्रह्मपुर प्रखंड की लगभग पांच लाख की आबादी प्रभावित हुयी है सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है वहीं उत्तरी बिहार में कोसी बागमती और गंडक नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं राज्य सरकार ने अभियंताओं को किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तटबंधों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का पानी कटरा और औराई प्रखंड के चौदह पंचायतों में फैल गया है इससे लगभग सवा लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुयी है इधर बाल्मीकिनगर गंडक बराज से एक लाख उनतालीस हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण जिले के दियारा क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बरकरार है इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बक्सर से भागलपुर तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे जदयू के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को सर्वसम्मति से लगातार तीसरी बार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है उन्हें आज पटना में आयोजित राज्य परिषद की बैठक में निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को हरेक जिले में वक्फ बोर्ड के भवन निर्माण की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री कुमार ने जिलों में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिये आवासीय विद्यालयों के निर्माण कार्य और मदरसों के जीर्णोद्वार में भी तेजी लाने का निर्देश दिया राज्य सरकार ने कहा है कि तेईस जिलों मे आधे से अधिक पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं पटना हाई कोर्ट में सरकार की ओर से सौंपी गयी स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच में सिर्फ दो जिले बांका और मूंगेर के सभी पैथोलॉजी सेंटर वैध पाये गये वहीं चार जिलों अरवल लखीसराय कैमूर और जहानाबाद के सभी पैथोलॉजी सेंटर अवैध तरीके से संचालित हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे सभी केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है राज्य सरकार गांवों में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिये विशेष अभियान चलायेगी राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान इस बात की जांच होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर किन लोगों का कब्जा है उन्होंने बताया कि अपर समाहर्ता राजस्व और अंचलाधिकारियों को फर्जी तरीके से हासिल जमाबंदी को रद्द करने और उसे फिर से सरकारी जमीन के तौर पर रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया गया है नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी राजद विधायक अरूण यादव के खिलाफ पुलिस आज भोजपुर की अदालत में कुर्की जब्ती की अर्जी देगी कल मामले के जांच अधिकारी ने पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर दिया इधर विधायक की गिरफ्तारी के लिये भोजपुर पुलिस ने कल पटना के बख्तियारपुर में कई जगहों पर छापेमारी की है बीपीएससी के पूर्व सदस्य रामकिशोर सिंह पर पैसे लेकर साक्षात्कार में पैरवी करवाने के आरोप में निगरानी जांच ब्यूरो ने कल भी आयोग कार्यालय जाकर विभिन्न जानकारियां ज़ुटायी ब्यूरो की टीम ने आयोग से प्रश्न पत्र सेट करने से लेकर इंटरव्यू बोर्ड तय करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी है राज्य सरकार प्रदेश के हरेक जिले में निगरानी कोषांग का गठन करेगी निगरानी विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने बताया कि इस योजना को कार्यरूप देने के लिये सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है उन्होंने बताया कि जिला समाहरणालय में गठित होने वाले इस कोषांग के उड़न दस्ता में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल होंगे निगरानी कोषांगों में हेल्पलाइन की भी स्थापना की जायेगी इन कोषांगों का काम भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों पर रोक लगाना होगा संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस से कल मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक और बच्चे की मौत हो गयी पिछले छह दिनों में एईएस से आठ बच्चों की मौत हो चुकी है दो बच्चों को कल पीएमसीएच रेफर किया गया अभी एसकेएमसीएच में नौ बच्चों का इलाज चल रहा है राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है पिछले तीन दिनों में डेंगू के सैंतीस मामले सामने आये हैं पीएमसीएच के वायरोलॉजी लैब के प्रमुख डॉक्टर सच्चिदानंद कुमार ने बताया कि इस मौसम में अब तक दो सौ इकसठ मरीजों में डेंगू तैंतालीस मरीजों में जापानी इंसेफलाइटिस और सोलह में चिकुनगुनिया की पुष्टि हुयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान अपराधियों ने बेगूसराय जमुई बक्सर और जहानाबाद में चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी भोजपुर जिले के तरारी स्थित सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक में एक डाटा इंट्री ऑपरेटर द्वारा छियासठ लाख रूपये गबन किये जाने का मामला प्रकाश में आया है इस संबंध में बैंक प्रबंधक द्वारा आरोपी डीईओ कन्हैया पाण्डेय के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है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 हिन्दुस्तान ने लिखा है अर्थ व्यवस्था को ऑक्सीजन वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि चार सौ जिलों में लोन मेला लगेंगे दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है भगवान राम की खातिर न्याय प्रणाली पर भरोसा रखें प्रभात खबर की सुर्खी है सूखा प्रभावित एक लाख सत्ताईस हजार परिवारों के खातों में डाले गये तीन तीन हजार रूपये दैनिक भास्कर लिखता है सीटीईटी के लिये आवेदन अब पच्चीस सितंबर तक राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत तीन अक्टूबर तक बढ़ी आज लिखता है सृजन घोटाला मामले में फरार चल रही इंदु गुप्ता की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

प्रदेश में गंगा सोन गंडक और कोसी सहित अधिकतर नदियां उफान पर